राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत में हर क्षेत्र की अलग सांस्कृतिक पहचान है लेकिन इससे देश बंटता नहीं बल्कि एकजुट होता है श्री कोविंद आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में सांस्कतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार प्रदान करने के बाद बोल रहे थे राष्ट्रपति ने कहा कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय गुरूदेव टैगोर अनूठी प्रतिभा के धनी थे इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि संस्कृति किसी भी दश की प्राण वायु होती है क्योंकि यह उसे एक पहचान देती है

इसी से राष्ट्र की पहचान और अस्तित्व को शक्ति मिलती है किसी भी राष्ट्र का सम्मान और उसकी आयु भी संस्कृति की परिपक्वता और सांस्कातक जड़ों की मजबूती से ही तय होती है भारत के पास तो हजारों वर्ष का एक सांस्कृतिक विस्तार है जिसने गुलामी के लंबे कालखंड का बाहरी आक्रमण का भी बिना प्रभावित हुए सामना किया है यह अगर संभव हो पाया है तो उसके पीछे स्वामी विवेकानंद जी और गुरूदेव रविन्द्र नाथ टैगोर जैसे अनेक मनुष्यों का योगदान रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरूदेव की शिक्षाएं शाश्वत हैं और इनसे पूरी दुनिया को बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों आशा बहुओं ग्राम पहरियों पीआरडी और मिड डे मील के रसाईयों का मानदेय बढ़ाने जा रही हैं मुख्यमंत्रो ने आज विधानसभा में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि सरकार ने इस वर्ष बजट की सीमा को बढ़ा कर पिछले साल से बड़ा बजट पेश किया है उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी क्षेत्रों में विकास कार्य कराये जा रहे है जिसका लाभ जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है मुख्यमंत्री ने पुलवामा में शहीद हुए सेना के जवानों को नमन करते हुए कहा कि आज आतंकवाद के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़क पर दिख रहा है सरकार ने शहीद के परिजनों को पच्चीस लाख रूपये की मदद की है मुख्यमंत्री ने सदन में सदस्यों से अपने क्षेत्र के एक गांव को आदर्श बनाने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि शहीदों के गांव को आदर्श गांव बनाने की पहल की जाये श्री योगी ने कुंभ पर विपक्ष की आपत्ति पर कहा कि अब तक इक्कीस करोड़ श्रद्धालु कुंभ में स्नान कर चुके हैं कल माघी पूर्णिमा पर भी बड़ी संख्या में श्रद्वालु स्नान करेंगे मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस को साथ समर्थन करने की इच्छुक नहीं है और सपा बसपा का गठबंधन भी ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश पहले स्थान पर है राज्य के लाखों लोगों को इस योजना के तहत आवास मिला है उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत दो करोड़ से अधिक शौचालय गरीबों को मिले हैं वहीं प्रदेश के डेढ़ लाख मजरों तक विद्युतीकरण कार्य केन्द्र और राज्य सरकार के सहयोग से किया गया है इसके साथ ही एक करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध भी कराये गये हैं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों के लिये राज्य सरकार ने विशेष सहयोग किया है जिसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष छियालीस लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीद हुई जिसका लागत से अधिक मूल्य किसानों को दिलाया गया

प्रदेश में अगले पांच साल में सरकारी चिकित्सकों की संख्या में तीन गुना बढ़ोत्तरी की जायेगी प्रदेश के चिकित्सा मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने आज विधानसभा में यह जानकारी दी श्री सिंह ने सदन को बताया कि पिछले दो सालों में सरकारी अस्पतालों में सात हजार आठ सौ पचपन नये डॉक्टरों की भर्ती की गई है चिकित्सा मंत्री ने कहा कि नये डॉक्टरों में से दो हजार आठ सौ पैसठ की निय्क्ति राज्य लोक सेवा आयोग के जरिये की गई है जबकि दो सौ तिरसठ को पुनर्नियुक्त किया गया है

चिकित्सा मंत्री ने उनकी इस मांग पर विचार का भरोसा दिलाया प्रदेश में पिछले छह महीने में बिजली के साठ लाख नये कनेक्श दिये गये हैं

एक प्रश्न के जवाब में ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उपभोक्ताओं के लिये सरचार्ज छूट योजना पच्चीस मार्च तक बढ़ा दी गई है

उन्होंने कहा कि ये बैंक इतने सक्षम होने चाहिए कि आम आदमी की जरूरतें पूरी करने में मदद मिल सकें श्री जेटली आज नई दिल्ली में केंद्रीय बोर्ड की बजट पश्चात बैठक के बाद संवाददाताआ से बातचीत कर रहे थे उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्ष में राजस्व में काफी वृद्धि हुई है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी क एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं

श्री मोदी के आगमन के मददेनजर वाराणसी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं प्रधानमंत्री के वाहय सुरक्षा घेरे की कमान एक डीआईजी और अड़तीस एसपी संभालेंगे जिसमें बयालीस एडीशनल एसपी एक सौ चार डीएसपी के साथ आठ हजार पांच सौ इंस्पेक्टर दरोगा और सिपाही तैनात किये गये हैं इसके अलावा पीएसी और सेन्ट्रल पैरा मिलेट्री फोर्स की चौंतीस कम्पनी के जवान तैनात रहेंगे वहीं प्रधानमंत्री के आंतरिक सुरक्षा घेरे में एसपीजी एनएसजी के कमांडो एटीएस के जवान और ख्रफिया इकाइयों के अधिकारी शामिल रहेंगे बाबतपूर एयरपोर्ट से लेकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल सीर गोवर्धनपुर बीएचयू डीएलडब्ल्यू और अराजी लाइन के सभा स्थल और हैलीपैड का आज पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ एसपीजी की टीम ने निरीक्षण किया इस दौरान सभी कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलूओं के साथ ही भीड़ और यातायात नियंत्रण को लेकर बैठक की गई

श्रद्वालुओं की भीड़ को देखते हुए परिवहन और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट मेला अधिकारियों के अनुसार कल लगभग डेढ़ करोड़ श्रद्धालुओ के पवित्र डुबकी लगाने के लिए कुम्म पहुँचने की उम्मीद है

प्रशासन ने स्नान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं हाल ही में पुलवामा आतंकी हमले के मद्देनजर मेला क्षेत्र और उसके आसपास सुरक्षा के विशेष इंतजाम किये गए है और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त दुकड़ियां तैनात की गयी हैं प्रयागराज में सभी शैक्षणिक संस्थानों को आज से तीन दिनों के लिए बंद कर दिया गया है